इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे छत्तीस लाख लोगों को राहत मिलेगी

रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्वालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं

इसके लिए एयर इंडिया ने बुकिंग शुरू कर दी है

इसके लिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाए पूरी कर ली गई है प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम देश के विभिन्न राज्यों से राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था कर रहा है निगम की बसों से छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और गुजरात से राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान लाने के लिए बसे विभिन्न राज्यों के लिए रवाना की गईं हैं झालावाड से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में फंसे तमिलनाडु के श्रमिकों को बस से कोटा के लिए रवाना किया गया

चांद दिखाई नहीं देने से अब ईद उल फितर कल मनाया जायेग सेन्टर हिलाल कमेटी के संयोजक चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने बताया कि शनिवार को चांद दिखाई नहीं दिया था लिहाजा अब ईद कल मनाई जायेगी चीफ काजी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कोरोना संकमण को देखते हुए सरकारी निर्देशों और सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करने को कहा है

प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है